महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्यमंत्री रेखा आर्य ने लड़कियों और महिलाओं को स्वच्छता और संक्रमित बीमारियों से दूर रहने के लिए सैनेट्री नैपकिन का इस्तेमाल करने को कहा है प्रदे के कुछ हिस्सों में कल भारी से बहुत भारी बारि ा होने का अलर्ट जारी यमुनोत्री धाम में आवाजाही सुनिश्चत करने के लिए बीआरबो के जवानों ने वैकल्पिक मार्ग तैयार किया मार्ग को सुदृढ़ करने का कार्य जारी जीएसटी वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि वस्तु और सेवाकर जीएसटी से कर व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी बढ़ेगी

उन्होंने कहा कि जीएसटी सहकारी संघवाद का एक उदाहरण है उन्होंने इसे लागू करने में सहयोग देने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रति आभार व्यक्त किया सेनेट्री नैपकिन केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता के नैपकिन बांटे जा रहे हैं बाल विकास और महिला कल्याण राज्यमंत्री रेखा आर्य ने रुड़की के शेरपुर गांव मे सेनेट्री नैपकिन के वितरण का शुभारंभ किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सभी लड़कियों और महिलाओं को स्वच्छता और संक्रमित बीमारियों से दूर रहने के लिए सैनेट्री नैपकिन का इस्तेमाल करने को कहा श्रीमती आर्य ने आंगनबाड़ी संचालिकाओं को भी हर गांव तक महिलाओं को नैपकिन का इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने पर बल दिया उन्होंने कहा कि अभी यह अभियान प्रदेश के चार जिलों में चल रहा है और जल्द ही इस अभियान को पूरे हरिद्वार जिले में चलाया जाएगा उन्होंने बताया कि सरकार का प्रयास है कि सस्ते दामों पर अच्छी गुणवत्ता के नैपकिन महिलाओं को उपलब्ध कराएं जाएं इस अवसर पर रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि इस अभियान को गांव गांव और शहर शहर तक पहुंचाना सरकार के साथ ही लोगों की भी जिम्मेदारी है उन्होंने कहा कि सरकार स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इस अभियान को लड़कियों और महिलाओं तक पहुंचा रही है विधानभवन योग विधानभवन में आज विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की उपस्थिति में आयोजित योग कार्यक्रम में व्यायाम प्रदर्शन किया गया इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने विधानसभा के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी में योग को लेकर खासा उत्साह दिखाई दे रहा है उन्होंने योग को दिनचर्या में शामिल करने की बात कही उन्होंने कहा योग करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है जो दिन भर के कामों के लिए आवश्यक है इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने प्राणायाम योगासन के बारे में अपने अनुभवों को बताया और कहा कि शरीर शुद्ध ऑक्सीजन के बिना प्राणवान नहीं रह सकता है उन्होंने कहा कि प्राणायाम से व्यक्ति के अंदर उर्जा का संचार होता है योग से कैंसर किडनी हृदय और मधुमेह जैसे रोग को जड़ से समाप्त किया जा सकता है साथ ही मानसिक तनाव दूर होता है

पीएमजीएसवाई पिथौरागढ़ जिले के द्रस्थ क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के निर्माण से कई गांव अब मुख्य मार्गो से जुड़ गये हैं इससे ग्रामीणों को अब लंबी दूरी पैदल नहीं तय करनी पड़ती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई गई सड़कों से स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल है स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार के इस प्रयास से जहां गांवों का विकास हुआ है वहीं सैकड़ों बेरोजगार युवकों को रोजगार भी मिला है

ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सराहना करते हुए कहा है कि सड़कों के निर्माण से उनका जीवन पहले से बेहतर हो गया है मल्टीस्पेशियलिटी अस्पताल नैनीताल उच्च न्यायालय ने भवाली में टीबी सैनेटोरियम परिसर में अगले छह महीनों के भीतर एक मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल शुरू करने के आदेश दिए हैं एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हए न्यायमूर्ति राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में सडक हादसों को देखते हुए घायलों का तुरंत उपचार देने के लिए हर जिले में ट्रॉमा सेंटर बनाए जाने चाहिए चिकित्सकों स्टाफ और उपकरणों की कमी के संबंध में न्यायालय ने राज्य सरकार को नैनीताल के बी डी पांडे जिला अस्पताल में तीन महीने के अंदर एक कार्डियक केयर यूनिट स्थापित करने और दो महीने के भीतर यहां कार्डियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट नियुक्त करने के आदेश भी दिये मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है विभाग के अनुसार कल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी और कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है मौसम विभाग ने चारों धामों में कल भारी बारिश होने का अनुमान भी व्यक्त किया है इस बीच आज प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बारिश होने की सूचना प्राप्त हुई है उधर देहरादून कोटद्वार अल्मोड़ा चमोली सहित राज्य के अन्य हिस्सों में भी आज दोपहर बाद बारिश हुई बारिश के बाद राज्य के पर्वतीय हिस्सों में मौसम सुहावना हो गया है वहीं भारी बारिश के बाद बागेश्वर जिले के पोथिंग गांव एक मकान ध्वस्त हो गया है इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है वहीं जिले के सूपी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से तीन बैलों की मौत हो गई है मूसलधार बारिश से सबसे अधिक नुकसान कपकोट ब्लॉक में हुआ है निर्माण यमुनोत्री धाम को जाने वाले पुल के अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त होने के बाद वैकल्पिक मार्ग को तैयार कर लिया गया है जिसको सुदृढ़ किया जा रहा है

साथ ही मंत्रालय ने इस महीने के अंत तक सभी राज्यों से इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है इसका उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन संभावित संगठनों और संस्थाओं की पहचान करना है जो गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं सार्वजनिक स्थानों से बच्चों की तस्करी होने की आशंका को देखते हुए मंत्रालय ने राज्यों से प्रसुति अस्पतालों और अन्य केंद्रों पर भी नजर रखने को कहा हैं

साथ ही सरकार ने जिले में तैयार हो चुके नर्सिंग कॉलेज को शुरू करने के लिए लगभग तीन करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिलाना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा है कि केन्द्र ने गन्ना किसानों की भलाई के लिए हाल ही में कई निर्णय लिए हैं